उन्होंने कहा कि कर दाता प्रसार भारती को हर साल दो हजार पांच सौ करोड़ रुपए देते हैं ताकि लोक प्रसारक आकाशवाणी और दूरदर्शन के प्रसारण के कार्यक्षेत्र को जीवंत और फलता फूलता बनाए रखा जा सके

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि सहकारिता क्षेत्र में पूर्व के नियमों व कानूनों में बदलाव किए जाएंगे सोलन में आज राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि सरकार ने इस क्षेत्र को बढ़ावा देने का बीड़ा उठाया है ताकि सहकारिता से जुड़ कर अधिक से अधिक लोग रोजगार हासिल कर सकें जयराम ठाकुर ने सहकारिता विभाग को आगे बढ़ाने के लिए विपक्षी दलों से भी सहयोग का आग्रह किया

सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने कहा कि सहकारिता क्षेत्र को और अधिक सुगम बनाने के प्रयास किए जाएंगे वीरेंद्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गरीबी उन्मूलन मॉडल तैयार किया जा रहा है ताकि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की आर्थिकी सुद्रढ़ हो सके वे आज हमीरपुर में ज़िला परिषद व पंचायत प्रतिनिधियों के एक सम्मेलन में बोल रहे थे वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि ग्रामीण विकास में पंचायत प्रतिनिधियों की अहम भूमिका रहती है और उन्हें विकास कार्य समयबद्ध पूरा करने के लिए आगे आना चाहिए उन्होंने कहा कि किसानों व बागवानों की आय दोगुना करने के लिए शून्य लागत जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा शांता कुमार सांसद शांता कुमार ने अधिकारियों से केन्द्रीय योजनाओं में गति लाने व इनका लाभ आम लोगों तक पहुंचाने का आहवान किया है आज चम्बा में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्राकृतिक साधनों के आधार पर विकास की एक नई तस्वीर बनाने की कोशिश कर हिमाचल को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा उन्होंने कहा कि चम्बा में प्रस्तावित सीमेंट उद्योग लगाने संबंधी सारी औपचारिकताएं जल्द पूरी की जाएंगी शांता कुमार ने कहा कि वे अब चुनाव नहीं लड़ेंगे और पार्टी जिसे भी आगे लेकर आएगी उसका भरपूर समर्थन करेंगे विपिन परमार स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने सरकार द्वारा शुरू विभिन्न योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए अधिकारियों व कर्मचारियों को आपसी तालमेल से कार्य करने की जरूरत बताई है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत शिमला में आज कायाकल्प प्रस्कार वितरण समारोह में उन्होंने सभी चिकित्सा अधिकारियों को अस्पतालों में जैनरिक दवाईयों की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए मिशन के तहत उन्होंने कायाकल्प पुरस्कार वितरित किए और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यशाला की अध्यक्षता भी की मुस्लिम वैल्फेयर ऑल हिमाचल मुस्लिम वैल्फेयर सोसायटी के अध्यक्ष नसीम मोहम्मद दीदान ने वन काटने की लगातार बढ़ती गतिविधियों पर चिंता जताई है नाहन से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि वन माफिया की गैर कानूनी गतिविधियों से पर्यावरण वन सम्पदा और निहत्थे कर्मचारियों को खतरा पैदा हो गया है दीदान ने वन विभाग को ग्रामीण व पंचायत स्तर पर वन सुरक्षा समितियों के गठन और गुप्त तंत्र मजबूत करने की सलाह दी है

विधायक राकेश जम्वाल और विनोद कुमार ने अस्पताल में घायलों का कुशलक्षेम पूछा एक अन्य घटना में पराशर इलाके में कल देर रात एक वाहन के गहरी खाई में गिरने से दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि चार लोग घायल हो गए